उप राष्ट्रपति एमवैंकैया नायडू ने कहा है कि देश की लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने में न्यायपालिका की भूमिका अहम है न्यायपालिका नागरिकों को जल्द और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर सकती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन अवसर पर आज श्री नायडू ने कहा कि चुनाव संबंधी अपराधों के लिए अलग अदालतें बनाई जानी चाहिए श्री नायड् ने कहा कि इन मामलों को निस्तारित करने के लिए समय सीमा तय करना भी जरूरी है दल बदल विरोधी कानून में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अयोग्यता संबंधी मामलों का निपटारा तीन माह की निर्धारित अवधि में ही कर दिया जाना चाहिए इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से अदालती कामकाज में हिन्दी या प्रान्तीय भाषा के इस्तेमाल का आहवान किया

यह बहुत अनिवार्य है त्वरित सरल सस्ता व निकटवर्ती न्याय आदि की आवश्यकता है हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति समान न्याय सुनिश्चित किया जाये

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि पीड़ित को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास होता है और वह इसी विश्वास के साथ इंसाफ के लिए न्यायालय आता है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लम्बित मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से आम लोगों को न्याय आसानी से सुलभ हो सके इसके लिए प्रयास जरूरी है

प्रदेश में साढ़े अड़सठ हजार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा अगले साल छह जनवरी को आयोजित की जायेगी इसके लिए ग्यारह दिसम्बर से पच्चीस दिसम्बर के बीच ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पारदर्शितापूर्ण तरीक से कराये जाने के निर्देश दिये हैं

पहले टीईटी पात्रता परीक्षा चार नवम्बर को सम्पन्न कराई जानी थी इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम दिसम्बर माह की दस तारीख को घोषित किया जायेगा

दोनों अभियुक्त आशीष अग्रवाल और अरविन्द भार्गव इलाहाबाद नगर के रहने वाले हैं यह परीक्षा आठ अक्टूबर को कराई जानी थी लेकिन परीक्षा शुरू होने से एक दिन पूर्व ही पहला प्रश्नपत्र वाट्स ऐप पर वायरल हो गया था इसके बाद दूसरे से आठवें प्रश्नपत्रों के वायरल होने की खबर आने लगी जिससे एसटीएफ हरकत में आ गया और पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ यश ने एसटीएफ इकाई इलाहाबाद और वाराणसी को अभिसूचना संकलन और अभियुक्तों की तलाश के लिए निर्देशित किया था कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्चा लीक होने के प्रकरण के बारे में एसटीएफ और पुलिस विभाग के अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये थे उन्होंने कहा था कि दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ़्तारी और सम्पत्ति क़र्क की जाये श्री योगी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया था कि पर्चा लीक प्रकरण में दोषी पाये जाने पर गिरोह के सरगना के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की कार्रवाई भी की जायेगी साइबर सुरक्षा से संबंधित एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि भारत में इंटरनेट ब्लैक आउट की आशंका नहीं है और देश को किसी इंटरनेट शट डाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संयोजक गुलशन राय ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं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

महिला और बाल विकास मंत्रालय मी टू इंडिया अभियान के तहत सामने आ रहे मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाएगा इसमें न्यायिक और कानून विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा ह कि कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को कतई सहन नहीं किया जाएगा

केन्द्रीय मंत्री ने सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से आग्रह किया है कि वे निडर होकर सामने आयें आर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न क मामले की रिपोर्ट कर उन्होंन कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता देगी शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालु माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुषमाण्डा का दर्शन पूजन कर रहे हैं विन्ध्याचल धाम में माँ विन्ध्यवासिनी और बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में लोगों का तांता लगा हुआ है सीतापुर के नैमिषारण्य में भी माँ ललिता देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है पौराणिक और अध्यात्मिक महत्व की इस शक्तिपीठ में नेपाल भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका से भी श्रद्वालु आते हैं

मेले में बाहर जनपदों से आने वाले व्यापारियों के लिए ये मेला उनके उत्पादों की बिक्री के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होता है दीपक श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार सीतापुर राज्य के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नवरात्रि के दौरान प्रदेश के सभी बावन शक्ति पीठों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जाये कल लखनऊ में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने प्रदेश के नगर निगमों में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या को जल्द दूर किये जाने और ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त बिजली दिये जाने का निर्देश भी दिया उर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए अधिक लाइन हानि वाले फीडर और उपकेन्द्रों पर सघन जांच अभियान चलाया जाये